मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वर्णिम विजय वर्ष के स्मृति चिन्ह का भी अनावरण किया

इसी दिन स्वतंत्र बांग्लादेश का उदय हुआ था रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने अपने ट्वीट में कहा है कि भारतीय सैनिकों ने इस युद्ध में वीरता का एक नया अध्याय लिखा था उन्होंने कहा कि सैनिकों का बलिदान प्रत्येक भारतीय को प्रेरित करता रहेगा और कृतज्ञ राष्ट्र हमेशा उन्हें सम्मान के साथ याद रखेगा

लखनऊ छावनी में मध्य कमान के बार मेमोरियल स्मृतिका पर सशस्त्र बलों की तीनों सेनाओं के बहादुर सैनिकों को याद किया गया जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर बड़ी सैन्य जीत दिलाई थी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विजय दिवस को मनुष्यता की विजय का प्रतीक बताते हुए कहा कि यह अद्म्य साहसी और अति अनुशासित भारतीय सेना के अद्भुत पराक्रम का सुफल है

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने देश और प्रदेशवासियों को विजय दिवस की शुभ कामनाएं दी है उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने साहस और पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए युद्ध में गौरवगाथा लिखी भारत माता के गौरव बढ़ाने वाले और मा़त भ्मि की रक्षा में प्राणों की आहुति देने वाले जवानों का राष्ट्र हमेशा ऋणी और कृतज्ञ रहेगा

यह कार्यक्रम हमारी बेवसाइट न्यूज ऑन एआईआर डॉट कॉम और यूट्यूब चनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर उपलब्ध होगा

केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि सरकार हमेशा किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और वह किसानों की चिंताओं का समाधान करते हुए उन्हें इस बारे में आश्वस्त करती रहेगी श्री जावड़ेकर ने कहा कि जो कृषि सुधार किये गये हैं वे बिल्कुल उसी प्रकार के हैं जिस प्रकार के सुधारों के लिए किसान निकाय और विपक्षी दल वर्षों से मांग करते रहे हैं उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि वह आंदोलनकारी किसानों से से बातचीत करने और मामले के शांतिपूर्ण समाधान के लिए एक समिति के गठन पर विचार रहा है प्रधान न्यायाधीश एसएबोबडे और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना तथा वीरामासुब्रामणयन की पीठ ने कहा है कि इस समिति में भारतीय किसान यूनियन भारत सरकार और अन्य कृषि संगठनों के प्रतिनिधि होंगे न्यायालय ने हाल में बनाये गये कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सीमा पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों को हटाने की मांग संबंधी दो याचिकाओं पर सुनवाई की है शीर्ष न्यायालय ने इस मामले में केन्द्र और हरियाणा उत्तर प्रदेश दिल्ली तथा पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है इस मामले म कल फिर सुनवाई होगी

श्री जावड़ेकर ने कहा कि भारत में मनोरंजन और सूचना के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण विभाग मंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सड़कों में तात्कालिक आवश्यकता के मद्देनजर पैच मरम्मत कार्यो के लिये रोड ऐम्बुलेंस व्यवस्था के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि यह रोड ऐम्ब्रलेंस पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में शीघ लांच किये जाये उन्होंने कहा कि इस रोड ऐम्ब्रलेंस से सड़क में गढ़ढे भरने और पैच मरम्मत की तत्काल जरूरत को पूरा किया जा सकेगा हालांकि पैच मरम्मत का कार्य विभाग द्वारा किया जाता है लेकिन उसमें मेन पॉवर और बिट्मिन को पिघलाने के लिये लकड़ी और आग की व्यवस्था करनी पड़ती है लेकिन रोड ऐम्बुलेंस मशीन में अत्याधुनिक सुविधाएं होने से सीधे वांछित स्थान पर जाकर मरम्मत कार्य हो सकेगा

इसी क्रम में चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने एक निर्णय में विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारियों जिसमें संविदा और दैनिक वेतनभोगी मजदूर भी शामिल है उनके छूट्टी जाने पर रोक लगा दी है महानिदेशालय कार्यालय के आदेश क अनुसार जिनके अवकाश पूर्व में स्वीकृत किये गये हैं उनको भी निरस्त कर दिया गया है आदेश के अनुसार माह दिसम्बर और अगले वर्ष माह जनवरी में वैक्सीन लगाना प्रस्तावित है

घायलों में छह की स्थिति गंभीर बताई जा रही है प्राप्त जानकारी के अनुसार बस काफी तेज गति से जा रही थी और अचानक सामने से आ रहे टैंकर से टकरा गई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए अधिकारियों को दुर्घटना में घायलों के समूचित उपचार के निर्देश दिये हैं वहीं हमीरपुर जनपद में दो अलग अलग सड़क दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हा गई और चार अन्य घायल हो गये मौदहा थाना क्षेत्र में दुर्घटना उस समय हुई जब एक ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी और एक व्यक्ति की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गये सुमेरपुर क्षेत्र में दो मोटरसाइकिलों में आपसी टक्कर में दो लोगों की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गये प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये सरकार प्रतिबद्ध है इसी कड़ी में राज्य के देवरिया में दो नये पुलिस थाने खोले जाने का निर्णय लिया गया है अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि देवरिया के थाना कोतवाली के अन्तर्गत ग्राम बरियापुर में नया थाना बरियापुर और रामपुर कारखाना के अन्तर्गत ग्राम मडुवाडीह में नया थाना मडुवाडीह की स्थापना प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश दिये गये हैं